इसके लिए समाज का जागरूक होना जरूरी है

उन्होंने विद्यार्थी परिषद से नशे के विरोध में जनआंदोलन खड़ा करने का आहबान किया मुख्यमंत्री ने छात्रों में नशे के बढ़ते इस्तेमाल पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि विद्यार्थी परिषद को आगे आकर समाज में व्याप्त इस बुराई को खत्म करने में सकिय भूमिका निर्मानी चाहिए जयराम ठाकूर ने विद्यार्थी परिषद के कार्यो की सराहना करते हुए कहा कि ये छात्र संगठन जीवन के हर पहलू को छू रहा है और ये संगठन केवल छात्र गतिविधियों तक ही सीमित नहीं है

लवी अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला आज धूमधाम से आरंभ हो गया मेले का शुभारंभ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किया राज्यपाल ने इस मौके पर प्रदेशवासियों से हिमाचल को नशा मुक्त बनाने का आहवान किया उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्याद स्वयंसेवी संस्थाओं को नशा निवारण अभियान चलाना चाहिए ताकि समाज खासकर युवाओं को इस बुराई से बचाया जा सके उन्होंने प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर भी बल दिया और किसानों से ॅसरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि लवी मेले का अपना ऐतिहासिक महत्व है ये मेला न केवल व्यापारिक गतिविधियों के लिए बल्कि प्ररात्न दीर्घकालीन परम्पराओं के लिए भी प्रसिद्व है उपायुक्त व मेला कमेटी के अध्यक्ष अभित कश्यप ने इस मौके पर राज्यपाल का स्वागत किया और मेले के इतिहास पर प्रकाश डाला

महेन्द्र सिंह ठाकर आज धर्मपूर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जनसमस्याएं सुनने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थें

मेहेन्द्र सिंह ने मौजूदा पीढ़ी से पारम्परिक खेती से बाहर निकल कर बागवानी की आध्रनिक तकनीक को अपनाने का आहवान किया उन्होंने ये भी कहा कि बागवानी से जुड़ने वालों को सरकार हरसंभव मदद देगी

वीरभद्र सिंह ने एक संदेश में कहा कि श्री गुरू नानक देव सिंह जी ने सिक्ख पंथ की स्थापना कर और समाज में धार्भिक उपदेशों से उन कुरीतियों को दूर किया जो उस समय आपसी भाईचारे को खत्म कर रही थी उन्होंने कहा कि आज भी श्री गुरू नानक देव जी के उपदेश हमें सच्चे प्रेम और धर्म के रास्ते में चलने को प्रेरित करते हैं बिक्रम सिंह उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट को लेकर विपक्ष द्वारा की जा रही बयानबाजी के लिए उसकी निंदा की है बिक्रम ठाकर ने आज कांगड़ा जिला के जदामन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की साफ सुथरी व्यवस्था पर विपक्ष के बेवजह आरोपो को सहन नहीं किया जाएगा उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्वे मंत्री जीएस बाली पर भी राजनीतिक हमला बोला और कहा कि बाली ने वीरभद्र सिंह का विरोध कर कांगड़ा ज़िले का सबसे अधिक नुकसान किया है हाईकोर्ट प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंडी जिला के सरकाघाट क्षेत्र के समाहल गांव की एक वृद्ध महिला को प्रताड़ित करने के मामले में प्रदेश सरकार से अदालत में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को ँकहा है

इस मामले पर सुनवाई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नारायण स्वामी और न्यायमूर्ति जयोत्सना दुआ की ँखंडपीठ भें हुई